वे आज और इस पर काम करेंगे श्री चौहान ने भोपाल हवाईअड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए भगवान की कृपा के साथ साथ जनता की भी कृपा जरूरी है गौरतलब है कि विभागों के बंटवारे पर आलाकमान से चर्चा के लिए दिल्ली के दौरे से मुख्यमंत्री आज ही भोपाल लौटे हैं उधर पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज उज्जैन में कहा कि उपचुनाव की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है महाकलेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा ने सौदे से सरकार बनाई सौदे से मंत्रिमंडल बना और अब सौदे से ही विभागों का बंटवारा होगा श्री कमलनाथ ने कहा कि राज्य की जनता सब देख रही है और उन्हें उम्मीद है कि वह ऐसे लोगों को जरूर सबक सिखायेगी किल कोरोना अभियान प्रदेश में किल कोरोना अभियान के अंतर्गत लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण का काम जाारी है

जबलपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर जांच कर रही है जिले में अब तक साढ़े सात लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है

ऐसे मरीजों को उपचार के लिए भेजा जा रहा है

श्योपुर जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किये जा रहे उपायों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर आर के श्रीवास्तव ने कहा कि जो अधिकारीकर्मचारी अन्य शहरों से जिले आ रहे हैं वे अपनी जांच अवश्य कराये आगरमालवा जिले की सुसनेर तहसील अंतर्गत रहने वाली एक महिला की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई जिला मुख्यालय पर एक बैक कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है

इन सभी को उपचार के लिए भेजा गया है जो लोग इनके संपर्क में आये थे उनको भी क्वारंटीन करने के निर्देश दिये गये हैं धार जिले में भी आज दो लोग कोरोना पॉजिटिव मिले

नीमच में तीन लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है मौसम प्रदेश में मानसून की सक्रियता के कारण विभिन्न जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है जबलपुर जिले में आज सुबह से ही बारिश हो रही है बारिश से तापमान से लगभग तीन डिग्री की कमी आई है होशंगाबाद जिले में भी आज रूक रूककर वर्षा हो रही है

मौसम केन्द्र के अनुसार आज रीवा सागर शहडोल जबलपुर इंदौर उज्जैन भोपाल और होशंगाबाद संभाग में कहीं हल्की तो कहीं भारी वर्षा हो सकती है अन्य संभागों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है मोपाल में आज बादल छाये हुए हैं और बारिश की संमावना है

इसके लिए जिला शिक्षा केन्द्र ने विशेष अभियान चलाया है